राष्ट्रपति कार्यालय के निकट उनका समारोहपूर्वक स्वागत किया गया

माले से कोलंबो के लिए रवाना होने के पहले प्रधानमंत्री ने आतिथ्य के लिए मालदीव के लोगों का धन्यवाद किया एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा के अच्छे परिणाम निकलेंगे जिससे भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नया जोश मिलेगा

आयुक्त स्वास्थ्य नीतेश व्यास के अनुसार इस बार दस्तक अभियान में प्ररूषों की सक्रिय भागीदारी के लिये ग्राम स्तर पर स्वस्थ ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा खंडवा नरसिंहपुर शिवपुरी भिंड मुरैना उज्जैन कटनी रायसेन डिंडोरी बैतूल शाजापुर खरगोन से भी अभियान की तैयारियों के समाचार मिले हैं फसल ऋण माफी योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी करने का संकल्प दोहराया है उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश दिये हैं जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जिन किसानों की लोन माफी हो रही है वे कृषि संबंधी कार्यो के लिये जरूरत अनुसार नया लोन ले सकते हैं एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि नया लोन लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है पूर्व के वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उन्हें लोन मिलेगा नया लोन लेने से लोन माफी की राशि या उनकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आयेगा किसान अपने ऋण का नवीनीकरण भी करा सकते हैं राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बैंकों के नोड्यूज प्रमाण पत्र और भूमि बंधक मुक्त कराये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं अपेक्स बैंक की ओर से भी ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं इस संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहना चाहिए

भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ये इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में सुविधा शुरू की जा रही है जो सुबह छह बजे से रात दस बजे तक उपलब्ध रहेगी इससे रेलवे की सालाना आय में बीस लाख रुपये तक की वृद्वि होने की संभावना है रेलवे ने यह भी उम्मीद जताई है कि इस सुविधा से बीस हजार यात्रियों की बढ़ोत्तरी होगी

ये सुविधा दस से पन्द्रह दिनों में शुरू होने की संभावना है

ओवल मैदान पर होने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल अभी से कुछ देर बाद से राजधानी और एफएम रेनबो तथा डीटीएच हिंदी पर सुना जा सकता है

मॉनसून केरल में एक सप्ताह की देरी के बाद कल दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की है हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले चार पांच दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है

मौसम विभाग ने आज ग्वालियर गुना दतिया शिवपुरी होशंगाबाद छतरपुर श्योपुर रायसेन और खरगोन जिलों में तीव्र लू चलने की आशंका जताई है